राजस्थान में अस्थियों का विसर्जन बांसवाडा स्थित बेणेश्वर धाम कोटा की चम्बल नदी और अजमेर के पुष्कर सरोवर में किया जायेगा विसर्जन के लिये अस्थि कलश भाजपा कार्यालय से आज रवाना होंगे रास्ते में विभिन्न स्थानों पर प्रष्पाजंलि अर्पित की जायेगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रष्कर सरोवर में होने वाले अस्थि विसर्जन कार्यकम में शामिल होंगी

कोटा की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई कोटा के अनंतपुरा और रेत्या चौकी गांव में पानी भर गया इन क्षेत्रों में नाव चलाकर राहत कार्य किये गये अच्छी बरसात के कारण चंबल नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है कोटा बैराज के पांच गेट खोलकर करीब तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है कोटा बेराज से पानी छोडे जाने के बाद सवाईमाधोपुर जिले में भी चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में प्रशासन की ओर अलर्ट जारी कर दिया गया है धर्मपुरी से होती सहित नदी के किनारे बसे गांवों में लोगों को सचेत रहने और नदी की ओर नहीं जाने के निर्देश दिये गये है

बारां में कामखेड़ा मार्ग की हरनाबदाशाहली पुलिया पर पानी आ जाने के कारण यातायात तथा हेरो नदी उफान पर होने के कारण घाटोल गनोड़ा मार्ग प्रभावित हुआ है प्रतापगढ जिले के पीपलखूंट में पिछले दो दिनों में दस इंच बरसात रिकॉर्ड की गई हैं विभिन्न क्षेत्रों में पानी भर गया है ग्रामीणों को सतर्क किया गया है इधर जयपुर भरतपुर सवाईमाधोपुर में आज भी अल सुबह बारिश का दौर शुरू हुआ इससे कई स्थानों पर पानी भर गया और लोगो को परेशानी हुई मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी हैं भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग सजग हो गया है और लोगों को सचेत किया गया हैं

पुलिस ने बताया कि कोटखावदा की एक ढ़ाणी में तालाब में भैंसों को निकालने के लिए उतरे बालक का पैर दलदल में फंस जाने से वह पानी में डूबने लगा इस पर उसकी दादी और चाची ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन तीनों तालाब में डूब गए

वहीं भारतीय पुरूष हॉकी टीम को भी कल बड़ी सफलता मिली

इधर रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की शीर्ष वरियता प्राप्त जोडी तथा अंकिता रैना ने टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच कर देश के लिये पदक पक्के कर दिये हैं